स्वाइन फ्लू से सर्वाधिक प्रभावित प्रदेश के पांच जिलों में घर घर सघन जांच कार्यक्रम रहेगा जारी

प्रदेशभर में आज वसंत पंचमी का उल्लास

सरकार की ओर से गठित मंत्रिमण्डलीय समिति और गुर्जर समुदाय के नेताओं के बीच बात नहीं बन सकी है सरकार की ओर से आंदोलन समाप्त करने के लिए आज द्बारा प्रयास किए जाएंगे

गुर्जर नेता कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला ने राज्य सरकार से कहा है कि जब तक गुर्जरों को आरक्षण नहीं मिलेगा आंदोलन जारी रहेगा उधर राज्य मानवाधिकार आयोग ने गूर्जर आंदोलन का संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार को आंदोलन से प्रभावित लोगों के लिए उठाये गये कदमों की जानकारी कल तक देने को कहा है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गूर्जरों से अपील की है कि आरक्षण की मांग को लेकर उन्हें रेल पटरियों पर नहीं बैठना चाहिये श्री गहलोत ने एक टवीट में कहा कि उनकी मांगे संविधान में संशोधन से ही संभव है जिसके लिये उन्हें प्रधानमंत्री को ज्ञापन देना चाहिए मुख्यमंत्री ने आन्दोलनकारियों से शांति की अपील की है गौरतलब है कि आन्दोलन के कारण रेल यातायात अस्त व्यस्त हो गया है इस आंदोलन का असर अजमेर में भी देखा गया है वहां कल देर रात गुर्जर समुदाय के लोगों ने राजमार्गो पर प्रदर्शन किया और टायर जलाकर रास्ता जाम कर दिया जानकारी के अनुसार नरेली स्थित देवनारायण मन्दिर में आज गुर्जरों की एक बैठक भी होने की संभावना है पुलिस और प्रशासन ने सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए पुख्ता इंतजाम किये है धरना स्थल पर वजवाहन और एसटीएफ की कम्पनी तैनात कर दी गई है और प्रदेश के अन्य गुर्जर बहुल क्षेत्रों में भी पुलिस गश्त लगा रही है इस बीच गुर्जर आरक्षण आंदोलन से बिगड़ी स्थिति को देखते हए राज्य सरकार ने आज आयोजित होने वाली कृषि पर्यवेक्षक और आंगनबाड़ी सुपरवाइजर भर्ती परीक्षायें स्थगित कर दी हैं

असम के चांगसारी में जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि नागरिकता केवल राज्य सरकारों की उचित जांच और सिफारिश के बाद ही दी जाएगी प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि उनकी सरकार उन लोगों को आश्रय देने के लिए प्रतिबद्ध है जो पड़ोसी देशों में अल्पसंख्यक हैं और अत्याचार के कारण उन्हें मजबूरन भारत पलायन करना पड़ा

चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री डॉ रघ् शर्मा ने कल स्वाइन फलू की स्थिति की समीक्षा करते हए यह निर्देश दिए उन्होंने समीक्षा बैठक में सभी राजकीय चिकित्सा संस्थानों में स्वाइन फ्लू के उपचार के प्रति विशेष गंभीरता बरतने और स्वाइन फ्लू के लक्षण दिखने पर तुरन्त टेमीफ्लू दवा देने के निर्देश भी दिए

पुलिस सूत्रों ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर नयाशहर थाना क्षेत्र से इन्हें गिरफ्तार करके उनसे एक पिस्तौल और नौ कारतुस भी बरामद किये गये

अलवर जिले के लक्ष्मणगढ में एक अज्ञात वाहन की टक्कर से मोटरसाईकिल पर सवार पिता और पुत्र की मौत हो गयी घटना में गंभीर रूप से घायल दोनों को अलवर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया जहाँ उपचार के दौरान उनकी मौत हो गयी

बाड़मेर जिले के सनावडा गांव में ट्रक की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार एक युवक की मौत हो गई और एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया झालावाड़ जिले के सारोला गांव के पास मोटरसाइकिल के अनियंत्रित होकर पलटन से एक युवक की मौत हो गई

इसका निर्माण सांसद कोष से किया गया है कर्नल राठौड़ ने इसके अलावा आमेर के हरचन्दपुरा में जल निकास और भू जल पुनर्भरण संरचना का उदघाटन भी किया

उन्होंने कहा कि इस वर्ष खेल मंत्रालय ने प्रदेश को खेलों के विकास के लिए एक सौ करोड रूपये दिए है

शिक्षण संस्थाओं घरों और मंन्दिरों में देवी सरस्वती की पूजा अर्चना की जा रही है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वसंत पंचमी के पर्व पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी है श्री गहलोत ने कहा कि जीवन में उत्साह उमंग और नई ऊर्जा का यह दिन विद्या और ज्ञान की देवी सरस्वती की आराधना को समर्पित है